राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को स्थानांतरित कर गुजरात का राज्यपाल लगाया है राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नई नियुक्तियां उस दिन से प्रभावी होगी जिस दिन ये दोनों अपना कार्यभार संभालेंगे

महिला की पहचान भवन मालिक की पत्नी के रूप में की गई है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सुबह घटनास्थल पर जाकर एनडीआरएफ राज्य पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए राहत व बचाव कार्यों का निरीक्षण किया सभी लोगों को मलबे से निकालने के बाद राहत और बचाव कार्य पूरा हो गया है मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों से गहरी संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है उन्होंने इस घटना की मैजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं और भवन मालिक के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है युवा कौशल आज विश्व युवा कौशल दिवस है इस अवसर पर राज्य कौशल विकास निगम द्वारा शिमला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने मुख्यातिथि के रूप में भाग लिया उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार ने कौशल विकास निगम का गठन किया है और युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार ने भी अनेक र्योजनाएं शुरू की हैं उन्होंने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास पर बल दिया ताकि उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिल सके इस बीच शिमला के निकट जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान शामलाघाट में हुए एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने युवाओं से व्यवसायिक शिक्षा को अपनाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि कौशल विकास से युवाओं को किसी भी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं और केंद्र व प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान दे रही है

राजीव बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को डिजिटलीकरण से जोड़ा जाएगा विधानसभा में आज ई कमेटी सिस्टम के बारे में उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को जागरूक बनाने के लिए मुख्य सचिव बीके अग्रवाल और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि विधानसभा ने ई कन्स्टिचुअन्सी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसमें विधायकों को ई विधान मोबाइल व वेब डैश बोर्ड से जोड़ा जाएगा बिंदल ने कहा कि ई कमेटी सिस्टम को विधानसभा कमेटियों व सरकारी विभागों के बीच पेपरलैस पत्राचार के लिए विकसित किया गया है धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपूर जिले के सुजानपूर में भाजपा के सदस्यता अभियान में भाग लिया उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में नए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करने का आहवान किया

धूमल ने कहा कि भाजपा की सदस्यता में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रही है उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान का उददेश्य अधिक से अधिक लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना और पार्टी को मजबूत करना है

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इसके बाद कोई भी मूल प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा कोकसर पंचायत लाहौल स्पीति जिले में चंद्रताल के आसपास अधिक संख्या में अस्थाई टैंट लगाने के विरोध में कोकसर पंचायत के लोग लामबंद हो गए हैं लोगों ने इस संबंध में केलंग के एसडीएम सुभाष गौतम को एक ज्ञापन साँप कर चंद्रताल इलाके में कैम्पिंग गतिविधियां हटाने की मांग की है